नए मोटर वाहन अधिनियम को लेकर एक महीने के भीतर अधिसूचना जारी करेगी राज्य सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा केंद्र ने हिमाचल को दी उदार वित्तीय मदद

उन्होंने कहा कि इस फैसले से लद्दाख की वर्षो से चली आ रही मांग पूरी हुई है और जम्मू कश्मीर व लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

उन्होंने कहा कि तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाकर केंद्र सरकार ने अपने सौ दिन के कार्यकाल में मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कर सुधार व जीएसटी लागू होने से उद्योगपतियों को हिमाचल में उद्योग स्थापित करने के लिए कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं गोविंद ठाकुर परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार के नए मोटर वाहन अधिनियम की अधिसूचना प्रदेश में एक महीने के भीतर जारी कर दी जाएगी कुल्लू के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल ढालपुर में आज सड़क सुरक्षा अभियान पर चित्रांकन व नारा लेखन प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य को जल्द ही चालान मुक्त बनाया जाएगा

परिवहन मंत्री ने लोगों से वाहन चलाते समय गतिसीमा पर ध्यान रखने सीट बैल्ट पहनने और बिना लाइसैंस व नशे की हालत में वाहन न चलाने का आहवान किया भाजपा धर्मशाला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा की एक बैठक आज धर्मशाला में हई जिसमें उपच्यनाव को लेकर रणनीति बनाई गई बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र भाजपा प्रभारी मंगल पांडे पार्टी अध्यक्ष सतपाल सत्ती पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार सांसद किशन कपूर संगठन मंत्री पवन राणा और मंत्रिमंडल सदस्य विपिन परमार व सरवीण चौधरी ने भी भाग लिया

उन्होंने कहा कि उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन पार्टी हाईकमान द्वारा किया जाएगा एम्स केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव प्रीति सुदन ने आज बिलासपुर में बन रहे एम्स का जायजा लिया उन्होंने एम्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की

बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाकुर भी इस मौके मौजूद रहे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को उदार वित्तीय सहायता दी है कांगड़ा जिले में धर्मशाला के जोरावर मैदान में आज लाभार्थी सम्मेलन में उन्होंने इसके लिए केंद्र का आभार जताया मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद्रयान दो अभियान से विश्व में भारत की साख बढ़ी है और वैश्विक स्तर पर भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखा जाने लगा है जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में सात व आठ नवम्बर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्ट्स मीट से प्रदेश में औद्योगिक विकास को बल मिलेगा इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध के नायक परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा को उनकी जयंती पर श्रद्दासुमन भी अर्पित किए पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार मंत्रिमंडल के सदस्य सरवीण चौधरी विपिन परमार और विक्रम ठाकुर सहित भाजपा प्रभारी मंगल पांडे सांसद किशन कपूर व भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस मौके मौजूद रहे महेंद्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री ने आज बिलासपुर जिले के झंडुता में विभाग के मंडलीय कार्यालय का शुभारंभ किया इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने कहा कि जल मिशन योजना के तहत प्रदेश के हर घर में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी

उन्होंने बताया कि इस पेयजल योजना के लिए बीबीएमबी ने गोविंद सागर झील से पानी उठाने की अनुमति दे दी है

कांगड़ा हवाई अड्डे पर हिमाचल क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने टीम का स्वागत किया

एनपीएस एनपीएस कर्मचारी संघ ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से पुरानी पैंशन योजना बहाल करने की मांग की है संघ के राज्य सचिव भरत शर्मा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में अनुराग ठाकुर से भेंट कर कहा कि नई पैंशन योजना कर्मचारियों के हित में नहीं है